सभी नए मामलों में से सत्रह मरीजों को छोड़कर सभी एसिम्टिमेटिक है

वर्तमान में नई दिल्ली में होम आईशोलेशन में रह रहे श्री खांडू ने ट्वीट कर कहा कि ब्धवार को कोरोना वायरस के लिए किए गए दौबारा जांच में उनका परिणाम निगेटिव आया है

दोनो विधेयकों पर हुई बहस का जबाव देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्धार के अनेक उपाय किए हैं

इससे वे कृषि जिन्सों की प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए लेन देन प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेंगे

ऐसे समझौते में कृषि उपज की खरीद के लिए निश्चित मूल्य का उल्लेख किया जा सकेगा

पासीघाट में ग्रुवार को भारतीय मजदूर संघ की ईस्ट सियांग जिला इकाई दवारा आयोजित राष्ट्रीय मजद्र दिवस को संबोधित करते हए श्री नात्ग ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सभी उचित स्विधाए प्रदान करने के अलावा मजदूरों का पारिश्रामिक बढ़ाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों में समान विकास लाने के प्रति प्रतिबद्ध है

उन्होंने बताया कि तीन कंपनियां वैक्सीन तैयार करने के नैदानिक परीक्षण के पहले दूसरे और तीसरे चरण में पहंच च्की हैं उन्होंने लोगों से वैक्सीन आने तक स्रक्षित द्री बनाए रखने और दो गज की द्री रखने के सोशल वैक्सीन का पालन करने की अपील की डॉ हर्षवर्धन कल राज्यसभा में देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में चर्चा का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और कई संस्थाएं उन्हें आवश्यक सहयोग दे रही हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन तैयार करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है